केन्द्र ने मत्स्यपालन और पशुपालन क्षेत्र के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की कराई सुविधा उपलब्ध मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य एवं औषधि के संग्रहीत नमूनों के शीघ्र विश्लेषण पर बल देते हुए छः महीने के भीतर प्रत्येक मण्डल में प्रयोगशाला की स्थापना के दिए निर्देश केन्द्र सरकार यूरिया के आयात को कम करने के लिए अड़तीस हजार करोड़ रुपये की लागत से बंद पड़े गोरखपुर सहित पांच उर्वरक संयंत्रों को फिर से करेगी शुरू केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षक्धन ने कहा कि सरकार ने वर्ष दो हजार पच्चीस तक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खर्च देश के सकल घरेलू उत्पाद का ढाई प्रतिशत तक बढाने का लक्ष्य तय किया है राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं पर सार्वजनिक खर्च में लगातार वृद्दि हो रही है उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य नीति में यह सुझाव दिया गया है कि वर्ष दो हजार बीस तक राज्य सरकारें अपने बजट का आठ प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च करें लोकसभा ने कल भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस ध्वनिमत से पारित कर दिया इस विधेयक का उद्देश्य देश में मेडिकल रिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में पारदर्शिता जवाबदेही और प्रशासन में उत्कृष्टता लाना है यह विधेयक इस संबंध में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा विधेयक में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग स्थापित करने का प्रावधान है यह आयोग देश में मेडिकल शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र को नियंत्रित करेगा विघेयक में छब्बीस सितम्बर दो हजार अट्ठारह से दो वर्ष के लिए संचालक मंडल को भारतीय चिकित्सा परिषद से ज्यादा अधिकार दिए गए हैं

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य आम आदमी को सक्षम और नैतिक स्वास्थ्य की देखभाल उपलब्ध कराना है

एक बहुत ही पॉजिटिव सोच के साथ प्रधानमंत्री जी जो यूनिवर्सल हेत्थ का जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत तेजी से आगे ले जा रहे हैं और उस सारे विषय को सपोर्ट करने के लिए जो मेडिकल एजुकेशन का सिस्टम है उसको बड़े व्यापक पैमाने पर उसमें जो मोस्ट एप्रोप्रियेट रिफॉर्मस हो सकते हैं उनको लाने की सरकार की मंशा है उसी दिशा में सरकार काम कर रही है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में मेडिकल सीटों में करीब पन्द्रह हजार की वृद्वि की गई है केन्द्र सरकार ने मछआरों और पश्पालक किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने का फैसला किया है इससे उन्हें अपने कारोबार के लिए पूंजी हासिल करने में मदद मिलेगी मत्स्यपालन पश् पालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रताप चंद्र षडंगी ने कल लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा के तहत मौजूदा कार्डघारक अपनी जरूरते पूरी करने के लिए तीन लाख रूपये तक का ऋण ले सकते हैं इस ऋण पर ब्याज में वार्षिक दो प्रतिशत की छूट मिलती है समय पर ऋण चुकाने पर वार्षिक तीन प्रतिशत ब्याज की अतिरिक्त छूट मिलती है केन्द्र ने किसानों की आय दग्नी करने के बारे में गठित समिति की सिफारिशें लागू करने और उनकी प्रगति पर निगाह रखने के लिए अधिकार प्राप्त संस्था गठित की है कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने लोकसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में बताया कि किसान की आय दुगुनी करने संबंधी अंतर मंत्रालय समिति ने पिछले वर्ष सितम्बर में सरकार को सिफारिश सौंपी थी

गृहमंत्री अमित शाह तेलंगाना में जबकि पार्टी के अन्य नेता देश के विभिन्न भागों से इस अभियान की शुरूआत करेंगे कल संसद के पुस्तकालय भवन में भाजपा संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये जानकारी दी इस अभियान में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता भाग लेंगे इस बारे में मीडिया को जानकारी देते हए प्रहलाद जोशी ने कहा भारतीय जनता पार्टी के मेंबरशिप अभियान के छह तारीख माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी में लॉन्च करेंगे और माननीय अभित भाई शाह तेलंगाना में लॉन्च करेंगे इतना ही नहीं जो एमपी है सिर्फ पॉलिटीकल चीज ब्यान बाजी इसमें सिर्फ इसमें न लगते हए सेवा का रिक्गनेशन हर एक एमपी को हर एक जन प्रतिनिधि को होना चाहिए ये प्रधानमंत्री ने बहुत ही तृष्ट देकर कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य एवं औषधि के संग्रहीत नमूनों के शीघ्र विश्लेषण पर बल देते हुए छः माह के भीतर प्रत्येक मण्डल में प्रयोगशाला की स्थापना के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि यह प्रयोगशाला आधुनिक और सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त होनी चाहिए उन्होंने कहा कि प्रयोगशाला के कार्यो की दिन प्रतिदिन मॉनीटरिंग की जानी चाहिए जिससे नमूनों का विश्लेषण शीघ्रता और निर्घारित समय सीमा के अन्दर किया जा सके मुख्यमंत्री कल लोक भवन में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि मण्डल स्तर पर स्थापित की जाने वाली प्रयोगशालाओं को कालान्तर में और अच्छा तथा सुद्रढ़ बनाया जाए उन्होंने कहा कि विभाग में यथाशीघ्र ड्रग कण्ट्रोलर की नियुक्ति की जाए उन्होंने विभाग के कार्यो के सुचारु संचालन के लिए छः महीने के अन्दर आवश्यक मानव संसाधन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा कि विभाग की लाइसेन्स प्रणाली का सुद्रढ़ीकरण करते हुए पारदर्शिता के साथ संचालित किया जाए बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन श्रीमती अनीता भटनागर जैन ने मुख्यमंत्री जी को विभागीय कार्यों के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दीं सरकार यूरिया के आयात को कम करने के लिए अड़तीस हजार करोड़ रुपये की लागत से बंद पड़े पांच उर्वरक संयंत्रों को फिर से श्रू करेगी केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी वी सदानन्द गौड़ा ने कल लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि इन संयंत्रों में ओडिशा का तालचेर आंघ्र प्रदेश का रामगूंडम गोरखपुर और सिंदरी का उर्वरक संयंत्र तथा बिहार का हिन्दुस्तान उर्वरक संयंत्र शामिल हैं प्रदेश मंत्रिमंडल की कल हई बैठक में दो प्रस्तावों पर चर्चा की गयी मंत्रिमंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग की बजटीय स्वीकृतियों को मंजूरी दी जिसके साथ ही विभागों के पुनर्गठन को लेकर मंत्रिमंडल में चर्चा हुई प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्वार्थ नाथ सिंह ने बैठक के बाद बताया कि विभागों के पुनर्गठन को लेकर कुछ दिनों बाद मंत्रिमंडल में दोबारा चर्चा होगी माध्यमिक शिक्षा के उनके एक कमेटी बनायी गयी छह सदस्यों की उन्होंने कुछ सुझाव दिये वह सुझाव पर चर्चा हुई अब उनके अंदर कुछ भारत सरकार के अंदर भी नये मंत्रालय बन गये उनके कारण कुछ चेंजेज सुझाव भी आये हैं इसलिए फिर से एक हफ़ते में दस दिन में कोई टाइम लाइन ऐसे नहीं बनी है

केन्द्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के सत्रह समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के प्रदेश सरकार के फैसले को अनुचित और असंवैधानिक बताया है राज्यसभा में शून्यकाल में सवालों के जवाब में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने बताया कि ऐसे फैसले करना संसद का अधिकार है और इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनानी होती है उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार पिछड़े वर्ग के इन समुदायों को अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल करना चाहती है तो उसे निर्घारित प्रक्रिया अपनाते हुए इस आशय का प्रस्ताव केन्द्र के पास भेजना होगा उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक से कहा है कि सभी राज्यों के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को परीक्षा में अंक देने की एक समान पद्वति अपनाने का परामर्श जारी किया जाए

उप राष्ट्रपति ने कहा कि ग्रेड में परीक्षा परिणाम घोषित करने वाले बोर्ड को अंक भी देने चाहिए ताकि संबंधित विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को मिले अंकों के प्रतिशत की गणना कर सकें

कल नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार की मंशा दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति को सही अर्थों में कुशल कार्यबल में परिवर्तित करना है

केन्द्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी राज्यमंत्री संजीव बालियान ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना दो हजार बाईस तक पच्चीस करोड़ पैंतालिस लाख टन से अधिक दुग्व उत्पादन का लक्ष्य रखा गया